बारह लोगों की मौत मरने वालों में कई बिहार के निवासी

राज्य के इंजीनियरंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नेट और गेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्ष्ता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली दो हजार बीस और बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली दो हजार बीस को मंजूरी प्रदान कर दी गयी इन नियमावलियों के तहत नेट और गेट की अनिवार्यता समाप्त की गयी है बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बताया कि सरकार ने राजधानी पटना के मीठापूर से रामगोविंद सिंह महुली हॉल्ट तक एलिवेटेड पथ निर्माण के लिए एक हजार तीस करोड़ अंठावन लाख साठ हजार रुपये व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी बैठक में कुल बीस प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी नई दिल्ली से मोतिहारी आ रही एक यात्री बस के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित नग्ला खंगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम बारह लोगों की मौत हो गयी जबकि चौबीस अन्य घायल हो गये बताया जाता है कि मृतकों में बड़ी संख्या में लोग बिहार के रहने वाले हैं फिरोजाबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र पटेल ने आकाशवाणी को बताया कि हादसा रात करीब दस बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस मार्ग पर हुआ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस पर गंदगी फैलाने के मामले में बारह लाख रूपये का जूर्माना लगाया है बोर्ड ने जुर्माना की राशि पन्द्रह दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा है इसके साथ ही बोर्ड की टीम द्वारा बतायी गयी कमियों को तीस दिनों के अंदर दूर करने को कहा गया है प्रदेश में जनवितरण प्रणाली की सभी दुकानों में पीओएस मशीन लगा दी गयी है इसके माध्यम से इक्यासी प्रतिशत लाभार्थियों को अनाज मिलने लगा है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि इन मशीनों में आधार सीडिंग की व्यवस्था के साथ लाभूकों के सत्यापन की भी व्यवस्था है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में सत्ताईस फरवरी तक चलने वाले विशेष अभियान के अंतर्गत अंठावन लाख से अधिक किसानों और पश्पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि मछली पालन करने वाले भी अब केसीसी का लाभ ले सकेंगे उन्होंने कहा कि अभी राज्य में उनतीस लाख तेईस हजार किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को केसीसी में तरजीह मिलेगी उन्हें पहले से जांचे गये कागजात के आधार पर इसका लाभ मिलेगा इधर प्रदेश के सभी प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जिल इमाम के आवाज का नमूना लेने की इजाजत दे दी है मुख्य मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस की अर्जी स्वीकार करते हुए शर्जील को सीएफएसएल में आज पेश करने का निर्देश दिया है उसकी आवाज का मिलान उस वीडियो क्लिप की आवाज से किया जायेगा जिसमें वह कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देते और सरकार को निशाना बनाते दिख रहा है पहली अप्रैल से बिजली दर बढ़ाने संबंधी बिजली कंपनियों के टैरिफ पिटिशन पर पटना में आज और कल जन सुनवाई होगी बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शक्ति कुमार नेगी की अध्यक्षता में होने वाली जन सुनवाई में आयोग के सदस्य बिजली कंपनी के अधिकारी और इंजीनियर के साथ आम लोग भी मौजूद रहेंगे इस दौरान लोग लिखित और मौखिक सुझाव दे सकते हैं

यह दिवस रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता और समाचार माध्यमों में जागरूकता बढ़ाने तथा रेडियो के जरिये सूचना उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और विविधता

इसके अगले ही वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इसका अनुमोदन कर दिया विविधता और बहुलता ही रेडियो की पहचान रही है उन्नीस सौ सैंतीस में भारत में आकाशवाणी की शुरूआत से अब तक इसका काफी विस्तार हुआ है आज आकाशवाणी से बानवे भाषाओं और बोलियों में प्रतिदिन छह सौ सात बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं मन की बात जैसे कार्यक्रमों ने रेडियो को नये स्वरूप में पेश करते हुए नयी पहचान दी है धर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार पटना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष अमिता प्रसाद ने कहा है कि छपरा के कालू घाट में मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया जायेगा उन्होंने पटना में पत्रकारों से कहा कि यह कस्टम विभाग द्वारा नोटिफाइड टर्मिनल होगा इसका उपयोग बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश नेपाल और सिलिगुड़ी को सामान भेजने के लिए किया जायेगा श्रीमती प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार टर्मिनल के निर्माण के लिए पच्चीस एकड़ जमीन उपलब्ध करायेगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार में मत्स्य उत्पादन और उसके विपणन की व्यापक संभावना है हाजीपुर में अति पिछड़ी और अनुसूचित जाति के मत्स्यपालकों के बीच मछली को लाने ले जाने के लिए वाहनों का वितरण करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष अठारह उन्नीस वैशाली जिले में करीब बाईस हजार मिट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ओडिशा के कटक में खेले जा रहे रणजी ट्राफी क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने सिक्किम के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक आठ विकेट के नुकसान पर दो सौ छियासी रन बना लिये हैं बिहार की ओर से शशि राठौर ने शानदार शतक बनाया इधर बीसीसीआई द्वारा आयोजित सीनियर महिला एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है रचना कुमारी को टीम का कप्तान बनाया गया है मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बारह अपराधियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से तीन पिस्तौल सात कट्टा और भारी संख्या में कारतूस बरामद की गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है नगर विकास विभाग में जेई अभ्यार्थियों की डिग्रियों की जांच शुरू दैनिक जागरण की सुर्खी है दिल्ली में सुपौल के दंपती और तीन बच्चों की हत्या दैनिक भास्कर ने कोरोना वायरस से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है चीन से दवा सप्लाई बंद भारत में अप्रैल तक स्टॉक बचा प्रभात खबर की प्रमुख सुर्खी है फर्जी बैंक गारंटी पर बंट गये करोड़ों के काम दैनिक आज ने नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में गड़बड़ी को प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है नियोजित शिक्षकों को वेतन निर्धारण में हेराफेरी

बारह लोगों की मौत मरने वालों में कई बिहार के निवासी